मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जनपदों में पंद्रह जून तक ट्रनेट मशीनों को कार्यशील करने के दिए निर्देश कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता बढ़ाने पर जोर देश में पहली बार कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से अधिक हुई ठीक होने की दर बढ़कर अड़तालीस दशमलव आठ आठ प्रतिशत प्रदेश में कोरोना संक्रमण से छ हजार नौ सौ इकहत्तर लोग स्वस्थ हुए सक्रिय मामलों की संख्या है चार हजार तीन सौ अट्ठारह

मौसम विभाग ने आज से अगले चार दिनों तक हल्की वर्षा का जताया अनुमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी पचहत्तर जनपदों में पंद्रह जून तक ट्रूनेट मशीनों को कार्यशील करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों का तेजी से पता लगाने के लिए ये मशीनें अस्पतालों को उपलब्ध करायी गयी हैं मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाए सुचारू ढंग से संचालित हों कोविड नाइन्टीन से होने वाली मृत्यु की दर को नियंत्रित किए जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को तत्काल अस्पताल पहंचाते ही उनका समुचित उपचार किया जाए श्री योगी ने कोविड अस्पतालों में रोगियों को समय से दवा भोजन तथा पीने के लिए गुनग्ना पानी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में निरंतर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने आगामी छह माह में दस लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं कानपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तीस जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रखने का फैसला किया है जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कल धर्मगुरूओं के साथ बैठक कर धार्मिक स्थलों को खोलने के संबंध में विचार विमर्श किया बैठक में यह निर्णय हुआ कि तीस जून तक सभी धार्मिक स्थलों में यथास्थिति बरकरार रखी जाए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें सीजीएचएस लामार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा सीजीएचएस पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं वो भी सीजीएचएस लामार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे ऐसे अस्पतालों को सभी अन्य उपचार के लिए सीजीएवएस नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करनी होगी केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पहली बार कोविड नाइन्टीन महामारी के संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से ज्यादा हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक एक लाख पैतीस हजार दो सौ पांच रोगी ठीक हो चुके हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित एक ताख तैंतीस हजार छः सौ बत्तीस लोगों का इलाज चल रहा है स्वस्थ होने की दर बढ़कर अड़तालीस दर्शमलव आठ आठ प्रतिशत पर पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान कम से कम पांव हजार नौ सौ इक्याबने रोगी स्वस्थ हुए हैं मंत्रालय ने कहा है कि छह शहरों में कोविड नाइन्टीन से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्य स्वास्थ्य विमागों के साथ समीक्षा की जा रही है इसके लिए केन्द्रीय दल तैनात किए जा रहे हैं जो उन्हें तकनीक सहयोग उपलब्ध कराएंगे ये शहर हैं मुम्बई अहमदाबाद चेन्नई कोलकाता दिल्ली और बैंगलुरु केन्द्रीय दल अगले एक सप्ताह में इन शहरों का दौरा करेंगे और कोविड नाइन्टीन से निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे ये दल प्रतिदिन राज्य स्वास्थ्य विभाग और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि समय से लिए गए लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णय ने देश में कोविड नाइन्टीन महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह कल नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रमावी पंद्रह देशों में तकरीबन चार लाख चार हजार तीन सौ छियानवे लोगों की मृत्यु हुई है जबकि भारत में कोरोना वायरस से मात्र सात हजार सात सौ पैंतालीस लोग मारे गए हैं उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी के बावजूद भारत महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने न केवल गरीबों के लिए एक दशमलव सात शुन्य लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है बल्कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बीस लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी दिया है प्रदेश में पिछले चौबीस घटों के दौरान कोरोना संक्रमण से तीन सौ दो लोग स्वस्थ हुए हैं जिसके बाद बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या छः हजार नौ सौ इकहत्तर हो गयी है दो सौ सतहत्तर नए मरीज मिलने के बाद राज्य में कुल संक्रभित व्यक्तियों की संख्या ग्यारह हजार छः सौ दस पहुंच गयी है बीमारी से बीस लोगों की मृत्यु भी हुई जिसके बाद कोरोना महामारी से मृतकों की संख्या तीन सौ इक्कीस हो गयी है राज्य में फिलहाल चार हजार तीन सौ अट्ठारह रोगियों का उपचार चल रहा है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी कल दोपहर तीन बजे तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक बावन मरीज जौनपुर जिले में मिले यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक सौ इक्यानबे हो गयी है गौतमवुद्वनगर जिले में अटठारह लोगों में संक्रमण की पृष्टि हुई है यहां सक्रिय मामलों की संख्या राज्य में सर्वाधिक दो सौ चौरासी है गोण्डा में कोरोना वायरस के सत्रह नए मरीज मिले हैं इसके अलावा बागपत में सोलह मेरठ में तेरह बुलंदशहर सिद्वार्थनगर में बारह बारह पीलीभीत में दस कन्नौज में नौ आगरा में आठ अलीगढ़ मैनपुरी में सात सात मथुरा में छः और कानपुर नगर फिरोजाबाद बस्ती अयोध्या सम्भल तथा फर्रुखाबाद में पांच पांच लोगों में कोविड नाइन्टीन संक्रमण की पुष्टि हुई है आकाशवाणी विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रस्तुत करता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के रुमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अभी तक कोरोनो वायरस संक्रमण का कोई निश्चित इलाज नहीं है इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रिटमेंट अवेलेबल नहीं है इसलिए जो बिहेवियरल थैरेपी है ताइक हेंड हाइजीन

इस महीने की पंद्रह तारीख तक चलने वाली मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में प्रविष्टियाँ मेजने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने इकत्तीस मई को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस प्रतियोगिता की घोषणा की थी इस प्रतियोगिता का आयोजन आय्ष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दो हजार बीस के अवसर पर लोगों में योग के प्रति रूचि बढ़ाने और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है उत्तराखण्ड में चारधामों बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री और गंगोत्री की तीर्थयात्रा इस महीने की तीस तारीख से पहले शुरू नहीं हो सकेगी इसमें उत्तराखंड के सिर्फ तीन जिलों चमोली रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के तीर्थयात्रियों को ही सीमित संख्या में शामिल होने की इजाजत होगी

तीर्थ यात्रा शुरू करने के बारे में अंतिम फैसला तीस जून के बाद किया जाएगा प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं मौसम विभाग ने आज से अगले चार दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा का अनुमान जताया है परिचमी विक्षोण की स्थिति बनने से प्रदेश में मौसम में परिवर्तन का अनुमान जताया गया है सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इन खबरों को खारिज किया है कि गृह मंत्रालय हवाई और रेल सेवाओं को निलंबित कर सकता है और पद्रह जून से देशव्यापी लॉकडाउन फिर से लागू किया जा सकता है पद्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने लोगों से इस तरह की भ्रामक रिपोर्टो से साक्यान रहने को कहा है और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को चेतावनी भी दी है केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर चल रहे उस संदेश का भी खंडन है जिसमें दावा किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को राहत के रूप में साढ़े सात हजार रुपये दिए जाएंगे पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि क्लिकबैट फर्जी लिंक है कार्यालय ने ऐसे फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सअप संदेशों से सावधान रहने का अनुरोध किया है आयुष मंत्रालय प्रसार भारती के सहयोग से रोजाना कॉमन योगा प्रोदोकॉल कार्यक्रम का आज से दैनिक प्रसारण करेगा यह कार्यक्रम सुबह आठ बजे से साढे आठ बजे तक प्रसारित किया जाएगा और यह मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों पर भी उपलब्ध रहेगा